देहरादून में आयोजित पिरूल नीति के तहत प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स को स्वीकृत करने के लिए गठित परियोजना अनुमोदन समिति की पहली बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के वनों और वन्य जीव जन्तुओं को बचाने के साथ ही रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ाने के लिए पिरूल से विद्यत उत्पादन को सफल बनाने की हर सम्भव कोशिश करनी होगी इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं औद्योगिक संस्थानों ग्राम पंचायतों वन पंचायतों औरमहिला मंगल दलों को प्रोत्साहित किया जाएगा बैठक में बताया गया कि पिरूल नीति के तहत उरेडा और वन विभाग नोडल एजेंसी हैं उरेडा द्वारा इसके लिए प्रस्ताव आमन्त्रित किए गए थे

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रोजेक्ट लगाने के इच्छुक लोगों और संस्थाओं को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं उन्होंने लाभार्थियों को बैंकों से बिना कोलेटरल ऋण दिलाने के लिए बैंकर्स से बातचीत करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये इसके तहत उत्पादित विद्युत को यूपीसीएल खरीदेगा

देहरादून में प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों और परिक्षेत्र प्रभारियों की बैठक में पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश की कानून और यातायात व्यवस्था आपदा प्रबन्धन और चारधाम यात्रा को लेकर दिशा निर्देश दिये उन्होंने निर्देश दिये कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए उन्होंने कहा कि महिला संबंधित अपराध होने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जाए उन्होंने सिटीजन पोर्टल का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिये श्री रतूड़ी ने लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए समस्त पुलिस बल को बधाई भी दी बैठक में महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने निर्देश दिये कि मुकदमे पंजीकृत करने में कोताही न बरती जाए उन्होंने कहा कि मुकदमे जैसे भी हो पंजीकृत होने चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी थानों में मिनी साइब सेल बनाये जाने के उद्देश्य से थाना कार्यालयों में नियुक्त मुख्य आरक्षी और आरक्षियों को साइबर प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो साइबर अपराध के मामलों को दर्ज करने और जांच में सहयोग करेंगे

नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार शाम को दूसरे कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे विदेश मंत्रालय ने बताया कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और शंघाई सहयोग संगठन के वर्तमान अध्यक्ष सूरोनबे जीनबेकोफ तथा मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगनॉथ को भी आमंत्रित किया गया है मंत्रालय ने बताया कि पड़ोसी देशों को वरीयता देने की सरकार की नीति के अनुरूप इन नेताओं को आमंत्रित किया गया है वहीं प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की बैठक के बाद नरेन्द्र मोदी ने बताया कि प्रणब दा से मिलकर हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है उनके ज्ञान और अंर्तदृष्टि का कोई मुकाबला नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रणब मुखर्जी एक क्शल राजनेता हैं जिन्होंने देश के लिए अमिट योगदान दिया है

जिले में ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों में लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकों को सीडी रेश्यों में सुधार लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि बैंकर्स का काम सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है बल्कि जमा पैसे से स्थानीय काश्तकारों किसानों और जरूरमन्दों को ऋण उपलब्ध कराना भी है जिलाधिकारी ने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण के लिए बैंकों के पास कई माध्यम उपलब्ध है चारधाम यात्रा को देखते हुए उन्होंने बैंकों को अपने अपने एटीएम में पर्याप्त मात्रा में धनराशि रखने के साथ ही एटीएम को सही स्थिति में रखने के निर्देश दिये ताकि तीर्थयात्रियों को कैश संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े आईओबी बीओबी और इलाहबाद बैंकों की प्राथमिक क्षेत्र में खराब स्थिति पाए जाने और त्रैमासिक समीक्षा में इन बैंकों से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित न रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी ने सभी सरकारी विभागों को तत्काल अपने खाते इन बैंकों से हटाने के निर्देश दिये

जिलाधिकारी ने बताया कि हैरिटेज और कैरस्टल कम्पनियों के टिकट की सौ प्रतिशत बुकिंग जीएमवीएन की साइट में से की जा रही है अब देश विदेश में बैठे यात्री हैरिटेज और कैरस्टल हैली सर्विस के लिए अपने टिकट जीएमीवीएन की साइट से बुक कर सकते हैं हैरिटेज और कैरस्टल कम्पनी के लिए जिलाधिकारी ने दोनों हेलीपैड में नोडल अधिकारी नियुक्त किए इन दोनों नोडल अधिकारी की ड्यूटी है कि वे टिकटों का जांच परीक्षण करने के बावजूद ही यात्री को यात्रा करने देंगे इससे टिकटों को लेकर आ रही शिकायतों का समाधान होगा और ऐसे व्यक्ति की पहचान होने पर तुरंत गिरफ्तारी की कारवाई की जाएगी

इस दल को कर्नल वीएस कांग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस ट्रैकिंग अभियान दल का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच भाईचारा एकता अखंडता और भारतीय सेना के प्रति जनता में प्रेम भावना जगाना है इसके साथ ही यह दल अपने यात्रा के दौरान लोगों के बीच स्वच्छ वातावरण स्वच्छ जीवन का भी संदेश देगा

यह दल सौंग से लोहारखेत सुपी पातलाखोड़ होते हुए खाती गांव पहुंचेगा उसके बाद यह दल द्वाली फुर्किया होते हुए पिंडारी पहुंचेगा और वापसी में फुर्किया द्वाली होते हुए कीमू गांव के रास्ते लोहारखेत होते हुए सौंग पहुंचेगा

सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकाल और दुग्ध विकास राज्यमंत्री डॉधन सिंह रावत को राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार ने उच्च शिक्षा मंत्री को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए पुरस्कार और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसे राज्य में उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिये प्रेरणादायी बताया

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने ट्वीट कर कहा है कि देश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किये गये सावरकर के बलिदान को हमेशा याद रखेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वीर सावरकर साहस देशभक्ति और मजबूत भारत के प्रति अट्ट आस्थों के प्रतीक थे जिन्होंने अनेक लोगों को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा है कि देश के लिए उनका योगदान भावी पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी सुमित्रा महाजन विजय गोयल प्रकाश जावड़ेकर सुब्रमण्य्म स्वामी समेत कई राजनीतिक नेताओं ने वीर सावरकर की जयंती पर संसद भवन के सेन्ट्रल हॉल में उनके चित्र पर श्रद्वा सुमन अर्पित किये

नारायण सिंह पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले थे उत्तराखण्ड हेडक्वार्टर सब एरिया देहरादून के कर्नल ओपीफरस्वाण ने जानकारी दी कि भारतीय सेना का दल पिछले महीने नेपाल और तिब्बत को जोड़ने वाली पर्वत श्रंखला मकालू में चढ़ने के लिए गया था इस दल में कनार गांव के निवासी नारायण सिंह परिहार भी शामिल थे

प्रदेश के परिवहन समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने विधानसभा में मंत्रीमण्डल की उप समिति की बैठक में राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये कि नायब तहसीलदार पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति के निर्णयों के सम्बन्ध में कार्य करते हुए कैडर का निर्धारण करें और सम्बन्धित सभी पक्षों को निर्णय से अवगत करा दें केदारनाथ के दर्शन करने आई एक महिला तीर्थयात्री की मृत्यु हो गई घोड़े पर बैठकर जाते समय महिला के सिर पर पहाड़ से एक पत्थर आकर गिर गया मृतका गुजरात की रहने वाली थी